मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने इंफ्रा फंड की घोषणा के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया कहा आत्मनिर्भर कृषि से आत्मनिर्भर भारत का मार्ग प्रशस्त होगा

कृषि अवसंरचना कोष प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत एक लाख करोड़ रूपये की वित्तीय सुविधा की शुरूआत की ये कोष कृषि उद्यमियों स्टार्ट अप कृषि प्रौद्योगिकियों और फसल कटाई परवर्ती प्रबंधन तथा कृषि परिसम्पत्ति पोषण से संबंधित किसान समूहों के लिए हैं इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि यह योजना किसानों को आत्मनिर्भर बनाएगी

यह कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये आयोजित किया गया और इसमें लाखों किसान शामिल हुए

इस अवसर पर श्री मोदी ने फिर कहा कि भारत के पास भंडारण शीत गृह और खाद्य प्रसंस्करण जैसे फसल कटाई परवर्ती प्रबंधन में निवेश करने और जैविक तथा पोषक आहार जैसे क्षेत्रों में वैश्विक उपस्थिति बनाने की अपार संभावनाएं हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि यह योजना कृषि में स्टार्ट अप के लिए अच्छा अवसर उपलब्ध कराएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे

श्री मोदी ने कहा प्रधानमंत्री किसान योजना कार्यक्रम में आज जारी राशि इतने अधिक लोगों तक पहुंची है जितनी कई देशों की कुल जनसंख्या है उन्होंने इस कार्यक्रम को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने और पंजीकरण से राशि बांटने तक सभी प्रक्रियाओं के माध्यम से किसानों की मदद करने के लिए राज्य सरकारों को बधाई दी कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर भी इस अवसर पर उपस्थित थे मुख्यमंत्री आभार मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने एक लाख करोड़ रूपए से एग्री इंफ्रा फंड की घोषणा करने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया उन्होंने कहा है कि एग्री इंफ्रा फंड से कृषि सेक्टर को मजबूती मिलेगी और आत्मनिर्भर कृषि से आत्मनिर्भर भारत का मार्ग प्रशस्त होगा इसके साथ ही उन्होंने श्री मोदी के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की छठी किश्त जारी करने पर आभार जताया

मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि की राशि जारी होने से उत्तराखंड के किसान भी लाभान्वित होंगे

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार भी किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं किसानों को तीन लाख रूपये तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जा रहा है जबकि स्वयं सहायता समूह को पांच लाख रूपये तक ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जा रहा है

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि उनका मंत्रालय रक्षा उत्पादन में स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित समय सीमा के बाद एक सौ एक वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाएगा उन्होंने ट्वीट संदेश में कहा कि प्रधानमंत्री ने पांच स्तंभों पर आधारित आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया है ये स्तंभ हैं अर्थव्यवस्था आधारभूत ढांचा व्यवस्था जनसंख्या और मांग रक्षामंत्री ने कहा कि इस निर्णय से भारतीय रक्षा उद्योग को उन वस्तुओं के विनिर्माण का अवसर मिलेगा जिनके आयात पर प्रतिबंध होगा उन्होंने कहा कि भारतीय निर्माता अपने डिजाइन और विकास क्षमताओं के अनुसार रक्षा सामानों का निर्माण कर सकेंगे

जिसके चलते आज रविवार के दिन देहरादून में सभी व्यापारिक प्रतिठान बन्द रहे हालांकि आवश्यक सेवाओं को बंद से छूट रही लॉकडाउन के दौरान शहर में सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया अगस्त क्राँति चम्पावत जिले में आज अगस्त क्रांति की मशाल जलाने वाले स्वतन्त्रता सेनानियों की याद में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किये गये जिले के खेतीखान सेनानी पार्क में स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाने वाले स्वाधीनता सेनानी पंडित हर्ष देव ओली पण्डित दुर्गा दत्तओली पूर्णानन्द जोशी और दयाराम ओली की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया इस दौरान एक विचार गोष्ठी भी आयोजित की गयी जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनकी भूमिकाओं पर चर्चा की गई

पिथौरागढ़ के सीमांत मुनस्यारी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के स्मारक पर दीप प्रज्वलित कर आजादी के वीर सपूतों को श्रंदाजलि दी गई

सेवा रत्न पुरस्कार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम चन्द्र अग्रवाल ने आज कोरोना संक्रमण और लाक डाउन के दौरान समाज और जरूरतमंद लोगों की सेवा में अपना विशेष योगदान देने वाले कोरोना वारियर्स को सेवा रत्न पुरस्कार देकर सम्मानित किया उन्होंने सभी कोरोना वरियर्स को बधाई देते हुए कहा कि जिस तरह अपनी जान और परिवार के भविष्य की परवाह न करते हुए इन लोगों ने सेवा प्रदान की है वह वास्तव में सराहनीय है